केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा केन्द्र की मोदी सरकार ने पिछले पांच वर्ष में अपने कार्यो से जनता में शासन के प्रति विश्वास जगाया

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त आयोग से राज्य को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया भाजपा के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र आज प्रदेश के नये राज्यपाल बने प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी वहीं माउन्ट आबू में पारा गिरकर जमाव बिन्दु पर पहुंचने से सर्दी का अहसास

इन दिनों में कई ऐतिहासिक पहल की गई कई केन्द्रीय मंत्री आज पूरे देश में सरकार के फैसले और उपलिब्ययों के बारे में जानकारी देने के लिए देश के विभिन्न शहरों में मीडिया को संबोधित किया इसी सिलसिले में जयपूर में संवाददाता सम्मेलन में केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले पांच वर्ष में अपने कार्य से जनता में शासन के प्रति विश्वास जगाया है उन्होंने कहा कि सरकार को देश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए काम करना होता है

उन्होंने कहा कि अब वहां विकास के सभी कार्य हो सकेंगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की साख पूरी दुनिया में बनी है और हर वैश्विक मंच पर भारत की बात सुनी जा रही है तथा पाकिस्तान पुरी तरह अलग थलग पड गया है

श्री मोदी ने प्रस्ताव रखा कि जलवायू परिवर्तन जैव विविधता और भूमि का बंजर होना जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सहयोग और बढाने की पहल की जाये

तीन दिन का राज्य का दौरा पूरा करने के बाद आज जयपूर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सिंह ने कहा कि राजस्थान में पर्यटन और सौर तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाए हैं उन्होंने कहा कि शिक्षा को कौशल विकास के साथ जोड़ा जाना चाहिए तथा जल संरक्षण पर गंभीर रूप से काम किया जाना समय की जरूरत है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आयोग के दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां की और आयोग ने विभिन्न प्रतिनिधि मण्डलों से बातचीत की है श्री सिंह ने कहा कि आयोग राज्य से प्राप्त हुए प्रस्तावों पर सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करेगा

यह जानकारी आज प्रष्कर में संघ के सह सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने पत्रकारों से बातचीत में दी उन्होंने कहा कि इसके लिए कार्यशाला आयोजित कर विशेषज्ञों की राय ली जाएगी और उसके बाद अभियान को शुरू किया जाएगा

गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ की तीन दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक का समापन पुष्कर में हुआ

माकपा की ओर से इस बंद का आहवान किया गया

आज जयप्र नागौर और कई अन्य स्थानों पर तेज उमस से लोग परेशान रहे वहीं बूंदी में आज भी बारिश का दौर जारी रहा

इस बीच प्रदेश के विभिन्न जल स्रोतों में पानी की आवक हो रही है

इसे देखते हुए करौली जिले की सीमा पर स्थित चम्बल नदी के किनारे बसे गांवों को अलर्ट किया गया है

प्रदेश में दाऊदी बोहरा समुदाय द्वारा आज मोर्हरम पर्व मनाया जा रहा है बुरहानी मस्जिदों में खुदा की इबादत की जा रही है और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम किये जा रहे है बूंदी जिले में हकीमी मस्जिद में मोहरम मनाया गया